प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन कार्यक्रम में किया गया बदलाव

महाराष्ट्र में भाजपा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार का गठन कर लिया है अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारी ने भाजपा के देवेंद्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी वहीं एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेन्द्र फड़णवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा जतायी है कि श्री फड़णवीस के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति पथ पर लगातार अग्रसर होगा केंद्र सरकार ने प्रदेश में चल रही रेल पचपन परियोजनाओं के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार हजार तेरानवे करोड़ रूपये का आवंटन किया है यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में तीन सौ बासठ प्रतिशत अधिक है राज्यसभा में प्रक प्रश्न के जवाब में रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि सरकार सभी रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि बिहार में पर्याप्त कच्चा माल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बेहतर संभावनाओं के बावजूद मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को लागू करने में काफी कठिनाईयां आ रही हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजद के मनोज कुमार झा के एक प्रक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती कौर ने बताया कि बिहार में एक मेगा फूड पार्क की परियोजना को लागू किया जा रहा है केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में राज्य कैंसर संस्थान और उपचार केंद्र स्थापित करने के लिये पैंतीस प्रस्तावों को मंजूरी दी है स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी श्री चौबे ने बताया कि इन प्रस्तावों को कैंसर मधुमेह हृदय और मस्तिष्क से संबंधी रोगों की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी गई हैं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वायु प्रद्षण की समस्या से निपटने के लिए रोजाना कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है वायु प्रद्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रद्षण पर रोक लगाने के लिए कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों को बंद कर दिया है श्री जावड़ेकर ने कहा कि डीजल वाले भारी वाहनों के लिए बी एस फोर ईंधन मानक लागू किए जाने के बाद वाहनों से होने वाले प्रद्षण में अस्सी प्रतिशत की कमी आई है उन्होंने सदन को बताया कि भारत ने कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में बाईस प्रतिशत की कमी की है और अब इसे पैंतीस प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है जदयू विधानमंडल दल के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने को कहा है पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में श्री कुमार ने विधायकों और विधान पार्षदों को विकास कार्यों के साथ साथ जलवायू परिवर्तन के बारे में भी लोगों को बताने को कहा श्री कुमार ने सभी को सदन में मौजूद रहने की सलाह देते हुये बहस में भाग लेने की अपील की इधर राजद विधानमंडल दल की बैठक में चालू सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर चर्चा की गयी पार्टी के सचेतक की ओर से दोनों सदनों के सदस्यों को सत्र के दौरान उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी किया गया शिक्षा विभाग ने प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन कार्यक्रम में एक बार फिर बदलाव किया है नये कार्यक्रम के अनुसार अगले वर्ष इकतीस मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र जारी किया जायेगा मेधासूची का प्रकाशन सोलह दिसंबर तक होगा वहीं इस पर दो जनवरी से सत्रह जनवरी तक आपत्ति लिये जायेंगे इक्कीस जनवरी को आपत्तियों का निराकरण होगा और पच्चीस जनवरी को मेधासूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जायेगा वहीं चयनित अभ्यर्थियों की सूची पांच मार्च को जारी की जायेगी प्रदेश की सत्ताईस नर्सिंग संस्थाओं को नये कॉलेज खोलने के लिये दी गयी अनुमति को स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इन संस्थाओं ने नौ महीने के तय समय के भीतर मान्यता के लिये आवेदन नहीं किया जिस कारण ये कार्रवाई की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी बैंक कटे फटे और पुराने नोट लेने से इंकार नहीं कर सकता है केंद्रीय बैंक ने जारी दिशा निर्देशों में हरेक बैंक को नोट बदले जाने की सुविधा संबंधी बोर्ड अपनी शाखा में लगाने को कहा है यदि कोई बैंक ग्राहकों को कटे फटे या पुराने नोट बदलने की सुविधा नहीं देते हैं तो उनकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल या आरबीआई के शिकायत पोर्टल पर की जा सकती है पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुये राज्य के मुख्य सचिव को एक सप्ताह के अंदर खुद से हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि ऐसे मामलों के बोझ को घटाने के लिये सरकार कौन कौन सा कदम उठा रही है उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली जेपी सेतु पर बारह से अधिक चक्के वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि रेलवे की तरफ से आयी आपत्तियों के बाद यह फैसला किया गया उन्होंने बताया कि पुल पर वाहनों की रफ्तार चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे तय की गयी है बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कराया जायेगा बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद उल्लाह ने बताया कि इसके लिये राशि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने बताया कि पटना मुजफ्फरपुर शेखपुरा मोतिहारी दरभंगा और नवादा में बोर्ड की भूमि पर भवन निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है श्री इरशाल उल्लाह ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भी निर्माण कराया जायेगा प्रर्णिया के बायसी से एके सैंतालीस राइफल समेत अन्य अत्याध्रनिक हथियारों के मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पटना स्थित विशेष अदालत में नगालैंड के एक तस्कर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है इस मामले में पूर्व में पांच आरोपियों पर आरोप पत्र दायर किया जा चुका है बोधगया स्थित माहाबोधि मंदिर परिसर में एक व्यक्ति को कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार व्यक्ति देवघर में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदी गांव में देर रात एक शादी समारोह के दौरान की गयी फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गयी पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्ग सरवां गुमटी के पास पुलिस ने छह अपराधियों को दो पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र स्थित तीना गांव के पास एक व्यक्ति की हत्या से आक्रोशित लोगों ने होटल और कई वाहनों में आग लगा दी मौके पर पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी कैंप कर रहे हैं गया जिले के बजीरगंज थाना क्षेत्र के लहुसिंगना से एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात नक्सली शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है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 दैनिक जागरण ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाते हुये लिखा है रेलवे का निजीकरण नहीं प्रभात खबर की सुर्खी है पटना में एक दिन में बिका एक लाख किलो सस्ता प्याज बिस्कोमान के काउंटरों पर उमड़ी भीड़ दैनिक भास्कर लिखता है डे नाईट टेस्ट क्रिकेट में टी ट्वेंटी जैसा रोमांच गुलाबी गेंद के आगे ढाई घंटे में बिखरा बांग्लादेश दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरूआत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार महाराष्ट्र में भाजपा ने एनसीपी के सहयोग से बनायी सरकार

प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन कार्यक्रम में किया गया बदलाव